गौरतलब है कि दोनों राजमार्ग दो विभिन्न मुद्दों में फंसने के वजह से इसका निर्माण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है

एन ई एस ने कहा कि बेकसुर लोगों को विकास से वंचित नहीं रखना चाहिए

गौरतलब है कि यह पुल जिला का जीवन रेखा है लोहित जिले से आने वाले वाहनों में यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जिला उपायुक्त ने लोहित से आने वाले वाहनों की आगमन की निगरानी करने के लिए पुलिस बल को हिदायत दी है वेस्ट सियांग जिला मुख्यालय आलो जिला अदालत में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सात सौ अटठाईस सुचीबद्ध मामलों में से दो सौ अटठारह मामलों का निपटान किया गया शिकायत कर्ताओं की अनुपस्थिति और लोक अदालत में ममलों का निपटान में अनिच्छा के कारण अन्य मामलों का निपटान नही किया जा सका लोक अदालत की अध्यक्षता वेस्ट सियांग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरेंद्र कश्यप ने की

रक्त दान कैंप के दौरान तैंतालीस यूनिट रक्त एकत्रित किया गया

ग्रजरात के वड़ोदरा में छह से आठ ज़ुलाई को आयोजित तिसरा वाडो राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता दो हजार अट्ठारह में प्रदेश के कराटे दल ने कुल मिलाकर बीस पदक जीता जिसमें बारह स्वर्ण चार रजत और चार कांस्य पदक शामिल है प्रदेश के कराटेकसों ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से राज्य को गौरवान्वित किया है कराटेकसों के सम्मान में शनिवार को राजधानी ईटानगर में अरुणाचल वाडो कराटे डू संघ ने एक कार्यक्रम आयोजित किया ज़ए के अवैध प्रथा को खत्म करने की कोशिश में कल राजधानी ईटानगर क्षेत्र जिला प्रशासन और पुलिस कर्मियों ने मिलकर शनिवार को छापे मारे जिसमें पांच लोगों को गंगा मार्केट से पकड़ा गया इन व्यक्तियों को जुए के गतिविधियों में लिप्त पाया गया था कार्यकारी मजिस्ट्रेट सह अतिरिक्त सहायक उपायुक्त हेंगे बासार ने कहा कि अवैध जुआ गतिविधियों के जांच करने के लिए ऎसी छापे मारे जाते रहेंगे फ्रांस ने दूसरी बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है रुस की राजधानी मॉस्कों में कल फाइनल में उसने क्रोएशिया को चार दो से हराया फ्रांस ने उन्नीस सौ अठानवें में पहली बार यह खिताब जीता था इससे पहले बेल्जियम ने इंग्लैंड को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया क्रोएशिया के कप्तान लुका मोडरिच को विश्व कप में सर्वश्रेठ प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया उन्होंने टूर्नामेंट में छह गोल किए राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिताब जीतने पर फ्रांस को बधाई दी है इस बार विश्व कप काफी रोमांचक रहा जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा भारतीय मुक्केबाजों ने सर्बिया के सुबोटिका में गोल्डन ग्लोव वोजवोदिना युवा टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए सात स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया भारत ने सात स्वर्ण छह रजत और चार कांस्य सहित कुल सत्रह पदक अपने नाम किए

रुस ने तीन स्वर्ण दो रजत और छह कांस्य सहित कुल ग्यारह पदक हांसिल किए लेकिन वह कजाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर रहा जिसने रुस के मुकाबले में दो स्वर्ण ज्यादा पांच स्वर्ण लेकर कुल सात पदक जीते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 आज का अधिकतम तापमान पैतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान शुन्य दशमलव चार मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई